राज्य सरकार ने धार्मिक स्थल खोलने को लेकर जारी किए दिशा निर्देश

विधानसभा प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शिमला में शुरू होने जा रहा है

सत्र की शुरूआत दिवंगत पूर्व सदस्यों के शोकोदगार के साथ होगी इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सप्ताह भर की शासकीय कार्य सूची से सदन को अवगत करवाएंगे मॉनसून सत्र को देखते हुए विधानसभा परिसर के आसपास सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भाजपा सरकार की आर्थिक सुधारवादी नीतियों से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हिमाचल की रैंकिंग में जबरदस्त उछाल आया है उन्होंने कहा कि इन नीतियों से प्रदेश में निवेश रोज़गार और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा अनुराग ठाक्र ने कहा कि प्रदेश व केन्द्र में भाजपा की सरकार होने के चलते हिमाचल नए नए आयाम स्थापित कर रहा है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए हिमाचल सरकार प्रयासरत है और उद्योगों की मांग की पूर्ति व उद्यमियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में प्रदेश सफल रहा है अनुराग ठाकुर ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से भारत महामारी के बाद ग्लोबल सप्लाई चेन में तेज़ी से उभर कर आने को तैयार है

उन्होंने इसे मुख्यमंत्री के निरंतर प्रयासों का परिणाम बताया है

दिशा निर्देश प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं इसके अनुसार धार्मिक स्थलों में दर्शन के लिए सामाजिक दूरी बनाकर कतार लगानी होगी और प्रवेश के समय छह फुट की दूरी बनाकर रखना जरूरी होगा इन स्थलों में रिकार्ड किए भजन संगीत और गीत लगाए जा सकते हैं परंतु समूहगान पर रोक रहेगी श्रद्दालु मूर्तियों धार्मिक पुस्तकों और घंटियों को नहीं छू सकेंगे धार्मिक स्थलों में भीड़ जमा नहीं होगी और समूह में प्रार्थना पर रोक रहेगी वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौर में सरकार सभी की मदद का प्रयास कर रही है ऊना जिले के बंगाणा में जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के दौरान उन्होंने ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि लगभग सभी तरह की आर्थिक गतिविधियां अब शुरू हो गई हैं और जल्द ही मंदिर व अन्य धार्मिक संस्थान भी खुलने जा रहे हैं

मारकण्डा ने बताया कि आईटीआई उदयपुर में चार नए ट्रेड शुरू किए जाएंगे सम्मेलन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे

इसके माध्यम से स्कूल और उच्च शिक्षा स्तर पर बड़े सुधारों का लक्ष्य है पोर्टल चम्बा की नॉट ऑन मैप संस्था व अमेरिकन कम्पनी स्टे फ्लैक्सी द्वारा नॉट ऑन मार्ट वेब पोर्टल शुरू किया गया है इसका उददेश्य किसानों शिल्पकारों और उपभोक्ताओं के बीच दूरी मिटाकर उनकी आर्थिकी को सुदृढ़ करना है नॉट ऑन मैप संस्था के संस्थापक कुमार अनुभव ने बताया कि इसके माध्यम से किसानों व शिल्पकारों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया जाएगा

मांग प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने एसएमसी अध्यापकों की सेवाओं को स्थायी करने के लिए नीति बनाने की मांग की है

सैजल स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान आयुर्वेद विभाग की सशक्त भूमिका रही है शिमला में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि आयुर्वेद पद्वति को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कारगर कदम उठाने की ज़रूरत है इस दौरान हिमाचल आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर एक मांग पत्र सौंपा जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने गम्मीरता से विचार का आश्वासन दिया बाद में स्वास्थ्य मंत्री ने शिमला के समीप जाठिया देवी में राज्यस्तरीय औषधीय पौधरोपण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया उन्होंने औषधीय पौधों को व्यापारिक दृष्टि से उगाने पर बल दिया कोविड योद्वा प्रदेश के अन्य ज़िलों सहित मण्डी में भी कोरोना के खिलाफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक योद्धा की भूमिका निभा रही हैं

एक दिन में ठीक होने वालों की यह अब तक की सबसे अधिक संख्या है

ठीक हुए लोगों की संख्या मरीजों से लगभग तीन दशमलव सात गुना अधिक है मंत्रालय ने कहा है कि पिछले दो महीनों में स्वस्थ होने वाले कोविड मरीजों की संख्या चार गुना हो गई है बैठक लाहौल स्पीति ज़िले की लाहौल पोटैटो सोसायटी की वार्षिक बैठक आज कारगा में आयोजित की गई सोसायटी के अध्यक्ष सुदर्शन जस्पा ने सदस्यों से उच्च गुणवत्ता के बीच आलू तैयार करने और उत्पादन बढ़ाने की अपील की उन्होंने कहा कि किसानों की ये संस्था किसान हित में काम जारी रखेगी मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून की वर्षा का क्रम जारी है आज दिन के समय शिमला और इसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की से दरमयाना वर्षा दर्ज हुई इसके अलावा बिलासपुर कुल्लू हमीरपुर सहित कुछ अन्य जिलों में भी वर्षा हुई है